मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखप्र में वनटांगिया गाँव जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन में दो करोड़ से अधिक लागत की छ विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

दीपों का त्यौहार दीपावली कल पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई गयी बुराई पर अच्छाई की विजय के इस त्यौहार को रोशनी पर्व के रूप में मनाया जाता है और लोग इस अवसर पर धन की देवी मॉ लक्ष्मी की पूजा अर्वना किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना तथा भारत तिबत पुलिस बल के जवानों के साथ कल दीपावली मनाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि जवान अपनी निष्ठा और अनुशासन से लोगों में सुरक्षा तथा निर्भयता की भावना का संचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की मजबूती और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयासों का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए कार्यो विशेष रूपसे वन रैंक वन पैंशन का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्वमर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना मिलती है प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयां भी वितरित की श्री मोदीने नजदीकी इलाकों के लोगों के साथ बातचीत की ये लोग प्रधानमंत्री को दीपावली की बधाई देने वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री ने कल सुबह रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की उन्होंने केदारपुरी में जारी विकास कार्यो की समीक्षा भी की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने सेना के जवानों से कहा कि वे सोशल मीडिया में आने वाली बातों पर भरोसा न करे श्रीमती सीतारमन अरूणाचल प्रदेश के हयुलियांग में वास्तविक नियंत्रण रेखाके निकट सैनिकों से बातचीत कर रही थीं रक्षा मंत्री ने जवानों को सलाह दी कि वे फेसबुक और ट्वीटर में सेनाओं के बारे में आने वाली नकारात्मक खबरों से दूर रहें श्रीमती सीतारमन ने सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई कि सीमा चौकियों पर तैनात सभी जवानों को ए के सैंतालिस जैसे नवीनतम हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे भारत ने चीन में कृषि उत्पादों दवाओं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यटन बाजार में व्यापक पहुंच बढ़ाने की मांग की है वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटना है शंघाई में वाणिज्य सचिव अनूप वधावन और चीन के वाणिज्य उपमंत्री वांग शाउवेन के बीच हुई बैठक के दौरान इन मुद्रों पर चर्चा हुई वाणिज्य सचिव ने कहा कि इन समी क्षेत्रों में भारत ने अपनी उत्कृष्टता और ताकत साबित कर दी है इसे देखते हुए चीन के साथ आपसी व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है भारत अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की परिषद के एक और कार्यकाल वर्ष दो हजार उन्नीस से दो हजार बाईस के लिए सदस्य चुना गया है दुबई में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार परिसंघ के पूर्ण सम्मेलन में हुए चुनाव में भारत को एक सौ पैंसठ मत मिले और वह एशिया ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से परिषद के लिए चुने गए तेरह देशों में तीसरे स्थान पर रहा वैश्विक स्तर पर परिषद के लिए चुने गए अड़तालिस देशों में भारत को आठवां स्थान मिला है रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा कल गोण्डा जंक्शन पर आयोजित होने वाले समारोह में गोण्डा बहराइच आमान परिवर्तित रेल खण्ड पर बड़ी लाइन के संचालन का हरी झण्डा दिखाकर शुभारम्भ करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया है कि नवआमान परिवर्तित रेलखण्ड के उद्घाटन के बाद दस नवम्बर से इस ट्रैक पर तीन जोड़ी नियमित डेमू गाड़ियों का संचलन शुरू हो जायेगा लखनऊ समाचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखप्र में वनटांगियां गांव जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन में दो करोड़ पन्द्रह लाख रूपये की लागत से कुल छः परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर के गांव के विकास के लिए लोगों को दीपावली की सैगात दी जिसमें डेढ़ करोड़ रूपये की चार परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लगभग चौसठ लाख रूपये की दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया इसके अतिरिक्त उन्होंने दस स्कूली बच्चों को इेस एव स्वेटर मुख्यमंत्री आवास के दस लाभार्थियों को प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के तीन वृद्दावस्था पेंशन के चार तथा दिव्यांग पेंशन के तीन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि इन गांवों में सौ वर्षों के बाद नई खुशी आई है वर्षों से इन गांवों के लोग विकास की योजनाओं से अप्टते थे राजस्व ग्राम बन जाने से अब वनटांगियां गांव में सभी योजनाएं पहंच रही है श्री योगी ने आगे कहा कि इसी तरह प्रदेश के सभी वनटांगियां गांवों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य चल रहा है उन्होंने बताया कि महराजगंज के अट्ठारह बलरामपुर पांच गोण्डा पांच तथा गोरखपुर के पांच वनटांगियां गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा चुका है बहराइच जिले के वनटांगियां गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में कार्य चल रहा है

उन्होंने कहा कि इन गांवों में बड़ी आबादी रहती है लेकिन उन्हें कोई मूलभूत सुविधा प्राप्त नही थी किन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान शासकीय योजनाओं को पहुंचाने की कार्यवाही कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में निरन्तर कार्य जारी है दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रदेश में इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुँच रहा है हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या में आयोजित प्रसिद्ध दीपोत्सव में तीन लाख से अधिक दीये जलाकर रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम दीये बनाने वाले कलाकारों के लिए करदान सावित हुआ जिन्हें उनके स्वंय सहायता समूहों के जरिये दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह काम मिला इन दीयों का निर्माण अयोध्या की महिला कुम्हारों ने किया आकाशवाणी से बातचीत में सुषमा जुली और नीता नामक महिला कुम्हारों ने बताया अयोध्या में जो दीपक जल रहा है हमलोग पांच सदस्य है और तीस हजार दीपक दे रहे हैं

इन पांच सदस्यों को बहुत से लाभ प्राप्त हो रहे हैं

दीपोत्सव के प्रभारी आशीष ने आकाशवाणी को बताया हम लोगों ने चार लाख बीस हजार बाती जो स्वयं सहायता समूह ने बनाई है उन्हें डेढ़ लाख दीया बनाने में करीब सवा सौ परिवार डायरेक्ट रूप से लाभान्वित हो रहा है

दीपावली पंचमहापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है वनवास के दौरान चौदह वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक श्क्ल पक्ष प्रतिपदा को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परम्परा है अयोध्या के श्रीरामबल्लभा कंज सियाराम किला झुमकी घाट सहित अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही छप्पन प्रकार के व्यंजन को तैयार करने का क्रम जारी है जिन्हें भगवान भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जायेगा अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्वाल् अयोध्या पहंच च्के हैं